इनमें से ज्यादातर चीनी मोबाइल ऐप हैं सरकार ने जिन ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है उसमें टिक टॉक शेयर इट वी चैट एमआई वीडियो कॉल समेत अन्य शामिल हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने विज्ञप्ति में कहा है कि ये एप देश की संप्रभुता एकता रक्षा और सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं आईटी मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि उसे विभिन्न स्रोतों से कई शिकायतें मिली हैं जिनमें एंड्रॉइड और आईओएस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कुछ मोबाइल ऐप के द्रुपयोग के बारे में शिकायतें की गई हैं इन रिपोर्ट में कहा गया है कि ये एप उपयोगकर्ताओं के डेटा को चुराकर उन्हें गुपच्चक तरीके से भारत के बाहर स्थित सर्वर को भेजते हैं बयान में कहा गया भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति शत्रुता रखने वाले तत्वों द्वारा इन आंकड़ों का संकलन इसकी जांच पड़ताल और प्रोफाइलिंग अंततः भारत की संप्रभुता और अखंडता पर आघात होता है यह बहुत अधिक चिंता का विषय है जिसके खिलाफ आपातकालीन उपायों की जरूरत है

सकिय प्रकरणों की संख्या ढ़ाई हजार के आसपास बनी हुई है

नगरनिगम क्षेत्र में तीन दिन का कफर्य लागू किया गया है मुरैना जिला कलेक्टर ने कोरोना के मरीजों की संख्या को रोकने के लिए ये निर्णय लिया है

अनलॉक दिशानिर्देश केन्द्र सरकार ने अनलॉक के दूसरे चरण के लिए दिशानिर्देश जारी करते हुए संक्रमण क्षेत्र से बाहर के इलाकों में और अधिक छूट की अनुमति दी है नए दिशानिर्देश पहली जुलाई से प्रभावी होंगे और इनमें कई कार्य चरणबद्द तरीके से दोबारा शुरु करने की बात कही गई है

गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये दिशानिर्देश राज्यों से प्राप्त सुझावों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों तथा विभागों के साथ परामर्श के बाद तैयार किए गए हैं इनमें मेट्रो रेल सेवा सिनेमा हॉल जिम स्विमिंग पूल मनोरंजन पार्क थिएटर बार सभागार असेम्बली हॉल और ऐसी अन्य जगहें बंद रहेंगी मंत्रालय ने कहा है कि भविष्य में इन चीज़ों को खोलने का निर्णय स्थिति का आकलन करने के बाद लिया जाएगा संक्रमण क्षेत्र से बाहर के इलाकों में बाकी सभी कार्य किए जा सकेंगे राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर आवाजाही सामानों की लदाई और उन्हें उतारने के अलावा बसों रेलगाड़ियों और हवाई जहाजों से आने वालों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए भी कर्फ्यू में ढील दी गई है घरेलू विमान सेवा और यात्री रेलगाड़ियों के सीमित संचालन की अनुमति पहले से ही है जिसे धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा मंत्रिमंडल मध्यप्रदेश में शीघ्र ही राज्य मंत्रिमण्डल का विस्तार किये जाने की संभावना है भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों ने बताया कि शीघ्र ही शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हो सकता है सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री की मंत्रिमंडल विस्तार के संबंध में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जे पी नंड्रा केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर गृहमंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से विस्तार से चर्चा हो चुकी है इस बीच प्रदेश की प्रभारी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी आज लखनउ से भोपाल पहुंच सकती हैं

गौरतलब है कि एशिया की सबसे बड़ी बांध परियोजना इंदिरा सरोवर के बनने से खंडवा जिले का हरसूद इस बांध परियोजना से डूब में आ गया था और यहां के विस्थापितों को समीप के छनेरा नाम की जगह पर बसाया गया

इस कदम से नया हरसूद रेलवे के नक्शे पर आ जायेगा मोदी संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम चार बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे

खाद बीज कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि किसान सरकार की पहली प्राथमिकता में है किसानों को बोनी से पहले समय पर आवश्यकतानुसार उर्वरक और बीज उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित कराया जाए उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रदेश स्तरीय विभागीय समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि अन्नदाता किसानों को किसी भी प्रकार से खाद बीज संबंधी कोई भी दिक्कत ना हो इसका भली भांति ध्यान रखा जाए मंत्री श्री पटेल ने निर्देश दिए कि जहाँ से भी खाद बीज का परिवहन हो रहा है या जहाँ पर उन्नत किस्म के बीज तैयार किए जा रहे हैं उन स्थानों से सैंपल लिए जा कर सुनिश्चित किया जाए कि किसानों को गुणवत्तापूर्ण खाद बीज ही उपलब्ध हो खाद बीज की सैम्पलिंग रिपोर्ट किसान के उपयोग के पूर्व आनी चाहिए

स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है

लोक स्वास्थ्य एवं लोकहित में लिए गए निर्णय के अनुसार ऑनलाइन अध्यापन की गतिविधियाँ पूर्व अनुसार यथावत संचालित रहेगी मौसम बरिश प्रदेश में बारिश का दौर जारी है राजधानी भोपला में आज सुबह बादल छाये रहे बाद में सूरज और बादलों में लूकाछपी का दौर चलता रहा

वहीं शहडोल संभाग में कहीं कहीं हल्की वर्षा हई प्रदेश के शेष भागों में भी मौसम शृष्क रहा मौसम विभाग ने आज रीवा सीधी सतना उमरिया कटनी जबलपुर पन्ना सीहोर राजगढ़ रायसेन विदिशा और भोपाल जिले में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है

लनखनऊ के मेदांता अस्पताल के विशेषज्ञ चिकित्सक उनके स्वास्थ्य पर निगरानी रख रहे हैं

कोरोना और लॉकडाउन के कारण जो काम रुक गए थे वे काम शुरू हो गये हैं

उन्होंने कहा कि ऑनलाईन शिक्षा वर्तमान समय की आवश्यकता है